तकरीबन तीन सौ किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट बांदा हमीरपुर महोबा जालौन औरेया और इटावा से होते हुये आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा छह लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये पन्वानबे प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और इसका निर्माण तीन वर्ष में पूरा होने का अनुमान है प्रधानमंत्री कल चित्रकूट से देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का भी शुभारंभ करेंगे आज नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसान उत्पादक संगठन किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लायेंगे श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे उन्होंने कहा कि कल देश के विभिन्न स्थानों पर पच्चीस लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जायेंगे उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी देश में साढ़े छह करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं कृषि मंत्री ने कहा अभियान चलाकर बाकी किसानों को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी

प्रधानमंत्री कल एक अन्य कार्यक्रम में प्रयागराज में आयोजित होने वाले विशाल शिविर में राष्ट्रीय क्योश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तथा दिव्यांगों के लिए उपकरण सहायता योजना एडीआईपी के तहत सहायता उपकरण वितरित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ तभी श्रेष्ठ प्रभावशाली होंगे जब वे दूरदराज के संस्थानों युवाओं महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तक पहुंचेंगे नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को देश में वैज्ञानिक उपक्रमों की गुणक्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए प्रण लेना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है भारतीय संविधान में इसी तरह के दृष्टिकोण को मूल कर्तव्य माना गया है श्री कोविंद ने कहा कि विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशनों की संख्या के मामले में चीन और अमरीका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक सोच मानवता और जिज्ञासा तथा सुधार की भावना विकसित करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए बेहतर माहौल बनाने के अनेक प्रयास कर रही है श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अटल इरादों को नमन करने का अवसर है उन्होंने कहा कि उनके नूतन उत्साह और अग्रणी अनुसंधान से भारत और विश्व को मदद मिली है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है सर सी वी रमन ने इस दिन रमन प्रमाव की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए उन्हें उन्नीस सौ तीस में नोबेल पुस्कार दिया गया था केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की विश्वविद्यालय में कल आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी परियोजनाओं को समयबद्व ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को शिक्षा का वैश्विक केन्द्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ समाज के सभी वर्गों को विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सड़क बिजली पेयजल जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है श्री पटेल आज मिर्जापुर के लालपुर गोवरदहां में एक विद्यालय में स्कूली बच्चों को रिक्षण और खेल सामग्री वितरित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से देश के विकास में सहयोग के लिए योगदान करने का भी आह्वान किया श्री पटेल ने मिर्जापूर और सोनभद्र जिलों में नल से जल योजना के अंतर्गत साढ़े छह हजार करोड़ रुपये स्वीकृत होने की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या का समाधान होगा और सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जनपद मऊ की सभी छह सौ पचहत्तर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने बताया कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दो शौचालय बनाये जायेंगे उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जिले में बनने वाले एक हजार तीन सौ पचास सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत निगरानी समिति द्वारा की जायेगी कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में चयनित उन्नीस गाँवों में रहने वाले करीब चालीस हजार लोगों को पीने के लिए आरओ का शुद्द पेयजल मिलेगा प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक दलित आबादी वाले उन्नीस गाँवों में आरओ प्लांट के साथ साथ सोलर लाइट भी लगायी जाएंगी जिलाधिकारी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट समाज कल्याण महानिदेशालय को मेज दी है